न्यायालय ने आयोग से यह परीक्षा दोबारा कराने को कहा है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया इनमें से एक योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के नाम से संचालित की जाएगी इसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना संजीवनी सहायता कोष मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु योजना को एक साथ समाहित कर दिया जाएगा इसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल परिवारों के साथ ही सभी प्राथमिकता तथा अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों जिसमें लगभग छप्पन लाख परिवार शामिल हैं उन्हें पांच लाख रूपए तक स्वास्थ्य बीमा सुविधा मिलेगी वहीं अन्य राशनकार्डधारी परिवारों को पचास हजार रूपए तक इलाज की सुविधा दी जाएगी इस नई योजना में शामिल परिवारों को किसी भी शासकीय या पंजीकृत चिकित्सालय में नगद रहित इलाज की सुविधा मिलेगी इस योजना का क्रियान्वयन संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के तहत स्थापित राज्य नोडल एजेंसी द्वारा ट्रस्ट मॉडल पर किया जाएगा वहीं संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है इसमें प्रकरण अनुसार और मुख्यमंत्री को अधिकतम बीस लाख रूपये तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी

पहले यह लीज अगले वर्ष तीस मार्च को खत्म होने वाली थी यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में एनएमडीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एन बैजेन्द्र कुमार से मुलाकात के दौरान दी मुख्यमंत्री ने एनएमडीसी से जुड़े विभिन्न विषयों पर श्री क्मार के साथ विचार विमर्श किया चर्चा के दौरान यह भी तय हुआ की छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा नगरनार इस्पात संयंत्र परियोजना में लगभग बारह सौ करोड़ रूपए की लागत से हाउसिंग परियोजना का निर्माण किया जाएगा भाजपा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में जल्द से जल्द धान खरीदी शुरू करने की मांग को लेकर आज पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर प्रदर्शन किया इसके तहत रायपुर के बूढ़ातालाब स्थित धरना स्थल पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया डॉक्टर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के साथ वादाखिलाफी की है और पंद्रह नवम्बर के बजाए एक दिसंबर से धान खरीदी शुरू करना किसानों के साथ अन्याय है उन्होंने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगें नहीं मानेगी तो राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी भाजपा ने विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने धान खरीदी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के रवैये को किसान विरोधी बताया है कांग्रेस पत्रकारवार्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसार इस बार पार्षद चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी कार्यकर्ताओं के आवेदन वार्ड कमेटियां लेंगी उम्मीदवारों के चयन के लिए वार्ड और जिला स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में दी श्री देवांगन ने बताया कि वार्ड ब्लॉक और जिला चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रदेश चयन समिति आपसी सहमति से अधिकृत प्रत्याशी के नामों की घोषणा करेगी

इसके लिए न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है इस प्रारूप पर पत्रकारों पत्रकार संगठनों और आमजनों से चर्चा कर सुझाव प्राप्त किए जाएंगे इसके लिए समिति के पदाधिकारी कल से अट्ठारह नवम्बर तक राज्य के विभिन्न अंचलों का दौरा करेंगे जो भी व्यक्ति या संस्था पत्रकार सुरक्षा कानून के प्रारूप के संबंध में अपना सुझाव देना चाहते हैं वे संबंधित जिले के जिला जनसम्पर्क अधिकारी के पास अट्ठारह नवम्बर तक इस संबंध में अपना लिखित सुझाव जमा कर सकते हैं प्रस्तावित प्रारूप हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में जनसम्पर्क संचालनालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है समिति के पदाधिकारी कल रायपुर के विशिष्ट अतिथि विश्राम गृह पहुना में दोपहर साढ़े बारह बजे से दो बजे तक पत्रकार और पत्रकार संगठनों से सुझाव लेंगे इसके बाद वे दोपहर साढ़े तीन बजे से शाम पांच बजे तक आमजनों से चर्चा करेंगे इसके बाद समिति के पदाधिकारी सत्रह नवंबर को जगदलपुर और अट्ठारह नवंबर को अंबिकापुर में पत्रकारों तथा आम लोगों से बातचीत करेंगे

इस मौके पर कांकेर जिले के चारामा में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी समुदाय की ओर से जो ज्ञापन दिया गया है उन मांगों के निराकरण का प्रयास किया जाएगा मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बस्तर में माओवाद सबसे बड़ी समस्या है राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने अब तक जो अध्ययन किया है तथा उन्हें जो फीडबैक मिला है उस संबंध में वे राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा करेंगी वहीं अपने संदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया है इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आचार्य विनोबा भावे की पुण्यतिथि पर उन्हें अपनी श्रद्वांजलि देते हुए कहा है कि उन्होंने अपना जीवन गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान में लगा दिया ट्रेन रद्द दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के बिसरा स्टेशन यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से आज से छब्बीस नवंबर तक क्छ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा मंडल के अनुसार इसके कारण पच्चीस नवंबर तक इतवारी टाटानगर पैंसेजर ट्रेन रद्द रहेगी वहीं आज से छब्बीस नवंबर तक टाटानगर इतवारी और टाटानगर बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन भी नहीं चलाई जाएगी सरगुजा विवि दीक्षांत समारोह सरगुजा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आगामी सोलह दिसंबर को होगा समारोह में दो सौ इकसठ छात्रों को गोल्ड मैडल और बहत्तर शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रोहिणी प्रसाद ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन डॉक्टर धीरेन्द्र पाल होंगे वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगी बास्केटबॉल सोलहवीं राज्य स्तरीय सीनियर बास्केटबॉल स्पर्धा में दोनों वर्गों का खिताब भिलाई इस्पात संयंत्र की टीम ने जीत लिया है जांजगीर में आयोजित इस स्पर्धा में महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में बीएसपी की टीम ने राजनांदगांव की टीम को अड़तालीस के मुकाबले तिरपन अंकों से पराजित किया वहीं पुरूष वर्ग में भी बीएसपी की टीम ने दुर्ग को तीस के मुकाबले साठ अंकों से हराकर खिताबी जीत हासिल की

इस सिलसिले में उन्होंने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से मुलाकात की राजधानी रायपुर में आज दिनदहाड़े क्राईम ब्रांच के नकली अधिकारी बनकर अज्ञात आरोपियों ने एक व्यापारी से छब्बीस लाख रूपये लूट लिए यह घटना शहर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में हुई बीजापुर जिले के दुगईगुड़ा पोटाकेबिन में नाबालिग छात्र के साथ मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार अधीक्षक सहित तीन लोगों की जमानत याचिका बीजापुर न्यायालय ने खारिज कर दी है कबीरधाम जिले के बोडला और पंडरिया अनुविभाग क्षेत्र में पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से लाई जा रही करीब साढ़े सात सौ क्विंटल धान जब्त की गई है नारायणपुर जिले के अब्रझमाड़ क्षेत्र में स्थित कुरूषनार में जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया शिविर में किसानों को कृषि सामग्री वितरित करने के अलावा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई और बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सभी विकासखंडों में युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है